केन्द्र सरकार ने दिवंगत नेता के सम्मान में सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है

अब तक एक लाख बहत्तर हजार एक सौ चालिस लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल निधन हो गया उन्होंने कल शाम नई दिल्ली के सेना अस्पताल में अंतिम सांस ली भारत रत्न से सम्मानित चौरासी वर्षीय प्रणब मुखर्जी की हालत फेफडे के संक्रमण के कारण परसों ज्यादा बिगड गई थी उन्हें बीती दस अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाने के कारण उनका आप्रेशन किया गया था श्री मुखर्जी ने दो हजार बारह से दो हजार सत्रह तक भारत के तेरहववें राष्ट्रपति के रूप में काम किया उन्होंने केंद्रीय वित्त रक्षा विदेश और वाणिज्य मंत्री के रूप में भी काम किया श्री मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे वह पांच बार राज्यसभा और दो बार लोकसभा के लिए चुने गए श्री मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों के नेता के रूप में भी काम किया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है उन्होंने कहा कि श्री मुखर्जी ने एक संत की भावना से देश की भरपूर सेवा की उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शोक संदेश में कहा है कि प्रणब मुखर्जी के निधन से देश ने एक कुशल राजनेता खो दिया है उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री मुखर्जी ने कड़ी मेहनत अनुशासन और समर्पण से देश को सर्वोच्च संवैधानिक स्थिति में पहुंचाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्र के विकास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है श्री मोदी ने कहा कि वे एक ऐसे विद्वान और अग्रणी राजनेता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों द्वारा सम्मान मिला प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों के अपने राजनीतिक सफर में श्री मुखर्जी ने प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक मंत्रालयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया वे एक उत्कृष्ट सांसद होने के साथ ही बेहद मुखर और हसमुख नेता थे श्री मोदी ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए पूरी तरह खोल दिया था गृह मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पीनड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी सांसद जगदम्बिका पाल और विधायक यशवंत सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथा ने कहा कि श्री प्रणब मुखर्जी का निधन राष्ट्रीय क्षति है वह सार्वजनिक जीवन में शुचिता पारदर्शिता और स्पष्टवादिता की प्रतिमूर्ति थे केन्द्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई अभी लम्बी चलेगी और जब तक कोरोना की वैक्सीन या कोई दवाई नहीं आ जाती है तब तक हमें बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी उन्होंने कहा कि एक वायरस ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है जो हम लोगो ने यहाँ पर टीम वर्क के माध्यम से कार्य किया है ये लड़ाई लम्बी चलेगी

मुख्यमंत्री ने जालौन आजमगढ़ अम्बेडकर नगर सहारनपुर बांदा बदायू बस्ती बहराइच फिरोजाबाद और अयोध्या में बीएसएल टू लैब का लोकार्पण किया वहीं हापुड़ बाराबकी और मुरादाबाद में बीएसएल टू लैब का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना की लड़ाई में समय से कदम उठाये जिसके चलते यहां मृत्युदर और पॉजिटिविटी रेट काफी कम है केन्द्र सरकार ने कहा कि कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार जारी है और अब यह छिहत्तर दशमलव छह एक प्रतिशत हो गयी है देश में अब ठीक हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में साढ़े तीन गुना हो गयी है देश भर में अब तक कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या सत्ताईस लाख चौहत्तर हजार हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले आठ दिनों में पांच लाख लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घटों के दौरान पांच हजार इकसठ कोरोना के नये मामले आये हैं इस समय राज्य में चौवन हजार सात सौ अटठावन कोरोना के सक्रिय मरीज है अब तक एक लाख बहत्तर हजार एक सौ चालिस लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं राज्य में कोरोना टेस्टिंग का कार्य लगातार जारी है और अब तक छप्पन लाख छब्बीस हजार आठ सौ सन्तानबे नमूनों की जांच की गई है जो कि किसी भी प्रदेश से सबसे ज्यादा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ और ओडिशा में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया है इन चार राज्यों में कोविड के मामलों में अचानक तेजी देखी जा रही है और उनमें से कुछ में मृत्यु दर का प्रतिशत भी बढा है ये दल कोरोना के पॉजिटिव मामलों की रोकथाम निगरानी जांच और क्शल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहयोग करेंगे ये दल कोरोना का समय पर निदान से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन करेंगे प्रत्येक दल में एक महामारी विशेषज्ञ और एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होंगे लखनऊ मेट्रो सात सितंबर से अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है मेट्रो ट्रेनों में यात्रा के लिए टोकन जारी किए जाएंगे और सभी टोकन यूवी प्रणाली से सेनीटाइज किए जाएंगे आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कुमार केशव ने कहा कि मेट्रो में बैठने की विशेष व्यवस्था होगी और प्लेटफार्मो तथा टिकट खिडकियों पर पीले घरे चिन्हित होंगे ताकि उचित सामाजिक दूरी बनाई जा सके उन्होंने बताया कि सभी ट्रेनों और स्टेशनों के परिसरों को रात के समय में साफ किया जाएगा जबकि दिन के समय भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा कुमार केशव ने कहा कि मेट्रो ट्रेनों का पूरा बेड़ा पहले दिन से ही पटरी पर आ जाएगा और यात्रियों को ट्रेन के लिए किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी प्लेटफार्मो पर सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था होगी और यात्रियों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि यात्रियों के बीच परस्पर उचित दूरी बनी रह सके आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग की जायेगी देशमर में तेईस हजार से अधिक अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जे एल मीणा ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता के छह मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है डॉक्टर मीणा ने बताया कि अस्पतालों की रैकिंग से लाभार्थियों को पैनल में शामिल अस्पतालों में जाने के बारे में जानकारी मिलेगी केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार ने बरेली में कहा कि अमरोहा और बरेली में पूर्व मंत्री और क्रिकेटर चेतन चौहान के नाम से राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पताल का निर्माण किया जायेगा उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने जमीन खरीदने के लिये बजट जारी कर दिया है श्री गंगवार ने कहा कि बरेली और मुरादाबाद मंडल में कार्यरत लगभग दो लाख श्रमिकों और ईएसआई सदस्यों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा इसके अलावा आम लोग भी न्यूनतम भुगतान पर इन अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे प्रदेश में विभिन्न भागों में वर्षा और ऊपरी क्षेत्रों से नदियों में जलप्रवाह के कारण कई नदियां उफान पर है तथा निचले क्षेत्रों में बाढ़ की रिथिति पैदा हो गई है प्रदेश के केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार गंगा नदी बदायूं के कछला ब्रिज और बलिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं शारदा लखीमपुर खीरी के पलियाकलां तथा सरयू घाघरा बलिया के तुर्तीपार में खतरे के निशान से ऊपर स्थिर बनी हुई है